आंध्रप्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से सवेरे नौ बजकर अट्ठाईस मिनट पर प्रक्षेपण यान पीएसएलवी सी सैंतालिस से इसे प्रक्षेपित किया गया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 इस पूरी प्रक्रिया में सत्ताईस मिनट से भी कम समय लगा

उन्होंने कहा कि कार्टोसैट थ्री इसरो द्वारा अब तक विकसित सबसे उन्नत और जटिल भू पर्यवेक्षी उपग्रह है

श्री मोदी ने कहा कि इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अधिकृत पूंजी को मौजूदा साढे तीन हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर दस हजार करोड़ रूपये करने की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से प्राप्त अतिरिक्त पूंजी केन्द्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई में लगाई जा सकेगी जिसे एफसीआई अनाजों के भंडारण के काम में इस्तेमाल करेगा और उसे अपनी उधारी पर दिये जाने वाले ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात अतिरिक्त सुरक्षाबलों को हटा लिया गया है उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में उतने ही सुरक्षाबल तैनात हैं जितने उन्नीस सौ नबे में तैनात थे आज नई दिल्ली में एक समारोह में श्री शाह ने कहा कि अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने तक कश्मीर में आतंकवाद को हरा पाना असंभव था श्री शाह ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को नष्ट करने का रास्ता खुल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हई है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है कांग्रेस ने रायबरेली से पार्टी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि अदिति सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए कल विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को याचिका सौंपी है कांग्रेस ने बीते रविवार को ही अपने दस वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है पांच सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में लड़कियों के लिए कक्षा छह से प्रवेश हेत ऑनलाइन पंजीकरण खल गया है ये स्कूल कर्नाटक के बीजापुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर उत्तराखंड में घोड़ाखाल आंध्र प्रदेश में कलिकिरी और कर्नाटक के कोडागु में हैं

पंजीकरण की अंतिम तिथि छः दिसंबर है परीक्षा अगले साल पांच जनवरी को आयोजित की जाएगी अक्टूबर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी प्रदेश के जंगलों में बाघों की गणना का कार्य पांच दिसंबर से शुरू होगा गणना में छह सौ से सात सौ स्वचालित कैमरे प्रयोग किये जायेंगे पीलीमीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन ने बताया कि पहले चरण में पांच दिसंबर से किशनपुर सेंचुरी में बाघों की गणना शुरू होगी दूसरे चरण में पीलीमीत टाइगर रिजर्व में अगले वर्ष एक जनवरी से बाघों की गिनती का कार्य शुरू होगा तीसरे चरण में दुधवा नेशनल पार्क और चौथे चरण में कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की गणना की जाएगी श्री राजा मोहन ने बताया कि गणना के दौरान जंगल में लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील क्षेत्र में धान की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले में छह किसानों को तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है नायब तहसीलदार ब्रजमोहन शुक्ला ने बताया कि पराली जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी